केन्द्र ने कल से पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल चलाने की दी अनुमति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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि यह गर्व की बात है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका देश की आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव का प्रतीक है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खेती को आध्निक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और कई कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे प्रधानमंत्री ने देश में चलाये जा रहे सड़क सुरक्षा माह का जिक करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए सरकार के साथ ही सामूहिक प्रयासों की जरूरत है जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सभी को सक्रिय रूप से भागीदार बनना चाहिए

उन्होने कहा कि स्वामी विवेकानन्द का संपूर्ण जीवन उत्कृष्ट कार्यो से भरा है और वे गरीबी को राष्ट्र से खत्म करना चाहते थे

इस वर्ष केन्द्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपलब्ध होगा और इसे एन्ड्राइड तथा आईओएस प्लेटफार्म दोनो पर मोबाईल एप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय रोगियों की संख्या कल संक्रमित लोगों का केवल एक दशमलव पांच सात प्रतिशत है

आज का प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति टीका केन्द्र पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लगाई जाएगी इसका जवाब है फोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है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

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में इस अभियान की शुरूआत की हनुमानगढ श्रीगंगानगर टोंक ब्रंदी जालोर सिरोही सहित विभिन्न जिलों में ब्रथों पर नवजात से लेकर पांच साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई आज दवा से वंचित रहे बच्चों को अगले दो दिनों में घर घर जाकर खुराक पिलाई जायेगी

हालाकि क्छ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढोतरी दर्ज की गई है

हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर सुबह तेज सर्दी के कारण बर्फ की हल्की परत नजर आ रही है

आगामी चार और पांच फरवरी को जयपुर भरतपुर और बीकानेर संभाग में बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है